चुनाव प्रचार मंगलवार को समाप्त हो जायेगा इस चरण में असम उत्तराखंड तेलंगाना आन्ध्रप्रदेश अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम तथा केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल में कूचबिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्दी ही भारत में फोन की सुविधा निःशुल्क हो जायेगी और इंटरनेट की दरें दुनिया में सबसे कम होगी इधर मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभायें की बीकानेर के कोलायत में चुनावी रैली को संबोधित करते हुये उन्होने केन्द्र की भाजपा सरकार पर कुशासन और वादा खिलाफी का आरोप लगाया

झालावाड़ बारां सीट पर अभी तक किसी भी प्रत्याशी की ओर से नामजदगी का पर्चा नही भरा गया है वहीं आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे उदयपुर से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा टोंक सवाईमाधोपुर से प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया बाडमेर से प्रत्याशी कैलाश चौधरी आज अपना नामाकन पत्र दाखिल करेंगे वहीं कांग्रेस के बाडमेर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मानवेन्द्र सिंह और बसपा के पंकज चौधरी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे

भाजपा ने नागौर सीट हाल ही में एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के लिये खाली छोड़ी है दौसा सीट पर पार्टी ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है

इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक एमएल लाठर भरतपुर के संभागीय आयुक्त जिला कलक्टर्स पुलिस अधीक्षकगण और चुनाव से जुड़े सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोधपुर उदयपुर अजमेर कोटा जयपुर और बीकानेर संभाग में चुनावी तैयारियों का जायजा ले चुके हैं बैठक के दौरान मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली आधारभूत सुविधाएं मतदान कार्मिक और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के प्रशिक्षण निर्वाचन सामग्री आपराधिक गतिविधियों के विरूद्व कार्यवाही जब्ती नाकाबंदी लाइसेंसश्रदा हथियारों को जमा करने की स्थिति आईटी एप्लीकेशंस आदर्श आचार संहिता की पालना च्नाव व्यय नामांकन के दौरान व्यवस्था मतदान दिवस के लिए इंतजामात जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी

बीकानेर में कल ईवीएम और वीवीपैट जागरूकता अभियान चलाया गया मतदाता जागरूकता रथ के माध्यम से मतदान प्रक्रिया से जुडी लघु फिल्मे प्रदर्शित की गई

इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और संसदीय बोर्ड के सदस्य मौजूद रहेंगे

केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुये कहा कि मोदी सरकार के लक्ष्य में गरीब के विकास को प्राथमिकता दी गई है

दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हये इस अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा आनन्द शर्मा रणदीप सुरजेवाला और अन्य नेता शामिल हुये

श्री शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य युवाओं किसानों और गरीबों को न्याय दिलाना है

आयोग ने कहा कि चुनाव के समय ऐसे विज्ञापनों से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा

इसे लेकर महिलाओं में विशेषकर नव विवाहिताओं और शादी के बंधन में बंधने जा रही युवतियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है गणगौर के अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में गणगौर की सवारी निकाली जायेगी

कल शाम पूरे प्रदेश में तेज आंधी और तूफान से जहां गर्मी से राहत मिली वहीं तेज धूलभरी आंधियां चलने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पडा करौली धौलपुर ब्रंदी हनुमानगढ़ च्रू भरतपुर झुंझुनू सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम में आये परिवर्तन से खेतों के खड़ी फसलों को भी नुकसान की आशंका है हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि कल देर रात अचानक मौसम र्बिगडने से कई इलाकों में पानी भर गया हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में आंधी के साथ ही उठे रेत के गुबार ने पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया